गृहमंत्री अमित शाह आज कोयला खदानों के सुगम संचालन की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरुआत करेंगे राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक सौ पैंतालीस नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं एक सौ उनहत्तर मरीज ठीक हुए हैं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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है

देश के औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मुल्यांकन के बाद यह निर्णय किया गया है यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं

मंत्रालय के दिशा निर्देशों का मुख्य जोर शिक्षा में व्यवधान वाले बच्चों की पहचान करना इस तरह के बच्चों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करना और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए दाखिला अभियान चलाने पर दिया गया है

इस समय देश में लगभग दो लाख तेईस हजार मरीज उपचार करा रहे हैं

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में एक सौ पैंतालीस नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं एक सौ उनहत्तर मरीज ठीक हुए हैं जबकि दो लोगों की मौत हुई हैं मृतकों में धनबाद और पलामू जिले से एक एक मरीज शामिल हैं

इनमे एक हजार चार सौ अड़सठ सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख चौदह हजार तीन सौ दो मरीज ठीक हुए हैं

गृहमंत्री अमित शाह आज कोयला खदानों के सुगम संचालन की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरुआत करेंगे इसके जरिये खदानों के संचालन के लिए एक ही स्थान पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी एक ट्वीट में गृह मंत्रालय ने बताया कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली की शुरुआत वर्चुअल समारोह में की जाएगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय कर रहा है हर साल मंत्रालय भारत की युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानन्द की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन करता है इस वर्ष समारोह का आयोजन वर्चअल तरीके से किया जा रहा है और सभी राज्य इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों में प्रदर्शनियों और सांस्कृ तिक कार्यक्रमों का आयोजन बौद्विक चर्चाए यूवा कलाकारों के शिविर सेमिनार साहसिक कार्यो से संबंधित कार्यक्रम और मार्शल आर्ट प्रतियोगिताए शामिल हैं

सिमंडेगा जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत सौर ऊर्जा चालित लिफ्ट एरिंगेशन की एक सौ तीस योजनाएं प्रगति पर हैं

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि दो हजार दस से बारह से पहले इग्नू से प्राप्त बीटेक की डिग्री वैध मानी जाएगी आदेश में कहा गया है कि वर्ष दो हजार अठारह में सुप्रीम कोर्ट ने इग्नू द्वारा वर्ष दो हजार नौ से दस के उम्मीदवारों को दी गई डिप्लोमा और बीटेक की डिग्री को वैध करार दिया है भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर जामताड़ा जिले के समाहरणालय स्टेडियम में शिविर का आयोजन किया गया

चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीणा ने बताया कि नक्सली संगठन पीएलएफआई दस्ता के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी छापामारी के दौरान लोवाहात् के जंगल में मोटरसाइकिल से भाग रहे दो व्यक्ति को घेर कर पकड़ा गया तलाशी लेने के दौरान उनके पास से देसी बंद्रक और अन्य सामान बरामद हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है

जबकि छह पीएलएफआई और चार टीपीसी के नक्सली शामिल है पुलिस ने इन सभी नक्सलियों की फोटो जारी की है और सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है झारखंड पुलिस प्रवक्ता साकेत कुमार सिंह ने कहा कि नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है

चौदह जनवरी तक धनबाद का न्यूनतम तापमान नौ डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है मौसम विभाग की अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से सर्दी फिर दस्तक देगी मॉनसून विशेषज्ञ डॉ एसपी यादव का कहना है कि समुद्र की सतह अत्यधिक गर्म होने की वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है इस वजह से काफी गर्म हवा का सर्कुलेशन हो रहा है अब जैसे जैर्से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ेगी गर्मी का असर कम होगा और सर्दी बढ़ेगी

स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों के साथ बैठक टीके पर आज राज्यों से बात करेंगे पीएम इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने कोविड टीकाकरण अभियान की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा है झारखंड के एक सौ उनतीस केन्द्रों पर पहले दिन लगेगा टीका